प्रदेश में मौसम में आया बदलाव विभिन्न जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई वर्षा

इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से रोजगार सुजित करने के उद्देश्य से इस सेक्टर में निवेश करने वालों को प्रोत्साहित किया जायेगा लखनऊ के होटल रमाडा में फेडरेशन ऑफ होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसियेशन ऑफ इण्डिया के तिरपनवें वार्षिक कन्वेशन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक पहले उत्तर प्रदेश में आने से घबराते थे हमारी सरकार में यूपी इन्वेटर्स समिट आयोजित कर के लगभग पांच लाख करोड़ रूपये के निवेश के एमओयू साईन किये गये हैं उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की कई योजनाए बनाई गई हैं जिसके तहत उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट बौद्व सर्किट कृष्ण सर्किट और सुफी सर्किट जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की स्थापना की गई है प्रयाग कुम्म दो हजार उन्नीस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्व का विशालतम अध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समागम हैं इसमें मकरसंकांति से लेकर महाशिवरात्रि के पर्व तक देश विदेश से करोड़ों श्रद्वालुओं के आने की संमावना है उन्होंने कहा कि सरकार ने कई जिलों में सौ से अधिक योगा और वेलनेस सेन्टर खोलने की स्वीकृति दी है कार्यक्रम में वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल पर्यटन मंत्री डॉक्टर रीता बहगुणा जोशी परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के प्रमुख स्वामी विदानंद सरस्वती और एसोसियेशन के अध्यक्ष गिरीश ओबेराय ने भी अपने विचार रखे नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रष् ने यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित हाल की घटनाओं को देखते हए समी विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों की सुरक्षा जांच करने का आदेश दिया है उन्होंने संबद्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल एक व्यापक सुरक्षा जांच योजना तैयार करें इसमें समी विमानन कंपनियों हवाई अड्डों उड़ान का प्रशिक्षण देने वाले स्कूल और विमान अनुरक्षण संबंधी सुरक्षा मानकों के पालन तथा संबद्ध संगठनों की कार्य प्रणाली का आकलन करना शामिल होगा मुंबई से जयपुर की जेट एयरवेज की उड़ान में कम से कम तीस यात्रियों के नाक और कान से खून बहने की घटना को देखते हुए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस उड़ान में चालक दल के सदस्य विमान में हवा के दबाव पर नियंत्रण करने वाले स्विव को ऑन करना भूल गए थे श्री प्रमु ने जेट एयरवेज की उड़ान की घटना को लेकर जांच का आदेश भी दिया है भारत ने विदेशमंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद क्रैशी के बीच न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द कर दी है यह बैठक इस महीने के आखिर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासमा की बैठक से अलग होने वाली थी विदेश मंत्रालय के प्रक्ता रवीश क्मार ने कल जारी एक बयान में कहा कि बैठक रद्द करने का फैसला पाकिस्तानी तत्वों द्वारा भारतीय सुरक्षाकर्मियों की निर्मम हत्या किये जाने और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद और आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले बीस डाक टिकट जारी करने के मद्देनजर लिया गया है श्री रवीश कुमार ने बताया कि ये घटनाएं इस बात की पुष्टि करती है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है ये लग रहा है कि पाकिस्तान के वार्ता के प्रस्ताव के पीछे उनके नापाक इरादे है जिसका खुलासा हो चुका है पाकिस्तान ने नये प्रघानमंत्री का असली चेहरा सामने आ गया ऐसे माहौल में पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ विदेशमंत्री स्तर की बैठक का फैसला वहां के प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री की ओर से बातचीत के प्रस्ताव वाला पत्र मिलने के बाद किया गया था विश्व बैंक बोर्ड ने भारत के महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय देशी भागीदारी ढांचे का समर्थन किया है यह भारत के उच्च टिकाऊ और समग्र विकास से जुड़ा है इस कदम का उद्देश्य संसाधन सम्पन्न और समग्र विकास रोजगार सुजन और मानवीय पूंजी निर्माण जैसी महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं को होने वाली समस्याएं दूर कर के भारत को उच्च मध्यम आय वाला देश बनाना है दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष हार्टविग शाफर ने कहा कि भारत की अर्थय्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और इसका वैश्विक महत्व है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए क्छ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छबीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेगी प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए श्रोता एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं पैगंबर मुहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में कल प्रदेश भर में कड़े सुख्वा इंतजामों के बीच दसवीं मोहर्रम यौम ए आशूरा का जुलूस निकाला गया राजधानी लखनऊ में यह जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट अकबरी गेट नक्खास से विल्लौचपुरा होते हुए दरगाह हजरत अब्बास पहुँचा जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल औरतें छोटे बच्चे नौजवान और बुजुर्ग रंग बिरंगे ताजिये लेकर चल रहे थे इस दौरान अजादारों ने मातम कर कर्बला के शहीदों को पुरसा दिया जौनपुर बलरामपुर अलीगढ बरेली आजमगढ़मेरठ और गोरखपुर सहित विभिन्न जनपदों में भी गमगीन माहौल में ताजियों को स्थानीय कर्बलाओं में सुपुर्द ए खाक किया गया दसवीं मोहर्रम के अवसर पर कई स्थानों पर मजलिसों का भी आयोजन किया गया इस दौरान जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अचानक मौसम में परिवर्तन देखा गया जौनपुर वाराणसी चन्दौली मिर्जापुर मदोही मऊ आजमगढ़ सोनमद्र फैजाबाद क्शीनगर और बलिया सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई किसानों ने धान की फसल के लिए इस वर्षा को लाभदायक बताया है मैसम विमाग ने आगामी चौबीस से छबीस सितम्बर के बीच प्रदेश के मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्रों विशेषकर लखनऊ में धूलभरी आंधी के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ सहित सहारनपुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद बरेली बदायूं बुलन्दशहर मेरठ अलीगढ़ और कासगंज में तेज बारिश होने की सम्मावना है गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दिन भर रूक रूक कर वर्षा होती रही अमरोहा ज़िले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में पलौला गांव के पास कल सुबह एक निजी बस के पलटने से पांच लोगों की मृत्यु हो गयी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब संमल से अमरोहा जा रही एक निजी बस का टायर अचानक फट गया टायर फटने के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गयी स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाया जहां पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया गया घायलों का ज़िले के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उधर फैजाबाद जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कल रात गोमती नदी में एक नाव के पलट जाने से तीन लोग ड्व गये दुर्घटना उस समय हुयी जब कुछ लोग रात में नाव पर बैठकर गोमती नदी पार कर रहे थे जब नाव पलट गयी नाव में आठ लोग सवार थे जिनमें से पांव लोगों को बवा लिया गया